भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की अस्थियां आज प्रदेश की कई प्रमुख नदियों में मंत्रोच्चार और वैदिक रीति रिवाज के साथ विसर्जित की गई गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी के राजघाट पर अटल जी की अस्थियां विसर्जित की इस अवसर पर प्रदेश के काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और जय प्रकाश निषाद सहित अनेक लोग मौजूद थे इलाहाबाद में संगम तट पर अस्थि कलश यात्रा में विभिन्न धर्मावलम्बियों गणमान्य नागरिकों तथा अनेक राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सैलाब अनेकता में एकता की मिसाल बना प्रयाग नगरी जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी तुम्हारा नाम रहेगा के गगन भेदी नारों से गूंज उठा अस्थि विसर्जन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्थानीय सांसद श्यामाचरण ग्प्त काबीना मंत्री रीता बहुगुणा जोशी तथा नन्दगोपाल गूप्ता नन्दी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल रहे

मऊ में स्वर्गीय वाजपेई की अस्थियां तमसा नदी में श्रद्वाभाव और विधि विधान के साथ विसर्जित की गई आज सुबह जिले की सीमा में अस्थि कलश यात्रा के प्रवेश करते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा यात्रा में राज्य मंत्री उपेन्द्र तिवारी सहित भाजपा और अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे उधर बरेली में स्वर्गीय वाजपेई की अस्थियां रामगंगा नदी में केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार की मौजूदगी में विसर्जित की गई इससे पहले आज सुबह शहर में स्थित स्टेडियम में श्रद्वाजंलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें समाज के विभिन्न समुदायों के लोगों ने शिरकत की झांसी में अटल जी की अस्थियों का विसर्जन बेतवा नदी के ओरछा घाट पर किया गया इस दौरान केन्द्रीय मंत्री उमा भारती और राज्य सरकार के मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरश ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को एक अनुकरणीय राजनेता बताया है

उन्होंने कहा कि पहले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान वे श्री वाजपेई से मिले थे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यह भी कहा कि स्वर्गीय वाजपेई को ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद किया जायेगा जिन्होंने भारत और विश्व में शांति तथा विकास के लिए निःस्वार्थ भाव से काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वस्थ्य बच्चे ही सक्षम नागरिक बनकर देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय योगदान कर सकते हैं श्री योगी ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के छह विभागों के समन्वय से पोषण अभियान तथा सुपोषण मेले की शुरूआत की जा रही है

उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा प्रभावित पूर्वांचल के सात जिलों में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया गया है तथा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है जिससे दिमागी बुखार से हाने वाली मौतों में कमी आयी है बाइट मैं अभी विगत दिनों गोरखपुर गया था मैं केवल इस बात को देखने के लिए गया था कि इंसेफ्लाइटिस का प्रभाव क्या रहा है

स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के अलावा इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन सात जनपदों में जो सबसे अधिक प्रभावित थे गोरखपुर है देवरिया है कुशीनगर है महराजगंज सिद्दार्थनगर संतकबीर नगर है बस्ती है इसमें हम लोगों ने कहा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर एक आरो नहीं लगा सकते तो हम कम से कम शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पहले चरण में कराये फिर उसके बाद आरो भी स्थापित करे अलग अलग शौचालय बनाइये और हमें प्रसन्नता है कि विगत वर्ष गोरखपुर में गर्वमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें इंसेफ्लाइटिस में मरने वाले बच्चों की संख्या दो सौ से ज्यादा थी इस बार जब मैं गया तो यह संख्या दस से कम थी मात्र दस से भी कम मौतें हुई है पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बड़ भू भाग अपने स्वच्छता की सुविधा के लिए गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर करता है मेरा मानना है कि जहां चाह वहां राह लोगों के अन्दर एक भाव पैदा हो तो कोई कारण नहीं है कि हम समाज को कुपोषण से मुक्त न कर सके उधर कुपोषण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में सुपोषण स्वास्थ्य मेले आयोजित किये गये मऊ बदायूं और मेरठ में इन मेलों का आयोजन विकासखंड तथा ग्रामीण स्तर पर किया गया जिसमें संबंधित विभागों ने लोगों को स्वास्थ्य पोषण और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई अभियान के तहत हमीरपुर में अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गई तथा स्वच्छता टीकाकरण तथा युवतियों में एनिमिया के लक्षण सहित बीमारी से बचाव के तरीक भी बताये गये

उन्होंने इस अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी तथा कुपोषण मुक्त जनपद के लिए जन सहभागिता पर जोर दिया स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व कल मनाया जायेगा इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदशवासियों को बधाई दी है श्री नाईक ने बधाई संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच भावनाओं का उत्सव है उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सभी को समाज में महिलाओं की रक्षा और सम्मान का संकल्प लना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चनलों पर भी उपलब्ध होगा

इसके तहत रामायण सर्किट बौद्ध सर्किट ताज नगरी और वाराणसी में पर्यटन संबंधी अनेक कार्य किये गये हैं वह कल लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रही थीं

लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठन में इसका आयोजन किया जा रहा है

पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी टूर ऑपरेटर्स को पर्यटन स्थलों का परिचयात्मक भ्रमण कराया जायेगा इन लागों को बुन्देलखंड ब्रज क्षेत्र सारनाथ कुशीनगर तथा वाराणसी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा ताकि यह सभी इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक धार्मिक और प्राकृतिक महत्व का अंदाजा लगा सके इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पर्यटन अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस तीन दिवसीय यूपी ट्रैवल मार्ट में आस्ट्रेलिया फ्रांस जर्मनी तुर्की डेनमार्क पोलेण्ड और ताइबान सहित तेईस देशों के पचास प्रतिनिधि शामिल होंगे प्रदेश सरकार ने कल देर रात नौ आईएएस और सत्तावन वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिये

अब तक वह आयुष विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे थे जिन अन्य आईएएस अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है उनमे राजेन्द्र कुमार सिंह जितेन्द्र बहादुर सिंह गोविन्द राजू एनएस कुमार प्रशान्त राम केशव और प्रेरणा शर्मा शामिल हैं फैजाबाद जिले के रूदौली क्षेत्र में बिगनिया पुल के पास आज श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई तथा पन्द्रह से ज्यादा घायल हो गये